पच्चीस कर्मियों का वेतन रूका छह सफाई निरीक्षक निलंबित

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी

पटना में भीषण जल जमाव के लिए नगर निगम और बिहार शहरी आधारभूत ढांचा विकास निगम बुडको के मुख्य अभियंता सहित अंठावन अधिकारियों और कर्मियों पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जमाव को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में जलजमाव के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई है जल जमाव के लिए दोषी मानते हुए बुडको के एक मुख्य अभियंता दो अधीक्षण अभियंता छह कार्यपालक अभियंता के साथ मैकेनिकल के एक कार्यपालक और एक सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वहीं एक कार्यपालक अभियंता का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे परियोजना में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी लार्सन और टुब्रो के परियोजना प्रबंधक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम के कंकड़बाग क्षेत्र के कार्यपालक अधिकारी सिटी मैनेजर और चीफ सेनेटरी ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल उनका वेतन भूगतान बंद कर दिया गया है इसी क्षेत्र के चार सेनेटरी इंस्पेक्टर के साथ पाटलिपुत्र के दो सेनेटरी इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है वहीं नगर निगम के बांकीपुर अंचल के कार्यपालक अधिकारी चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर के साथ सभी सेनेटरी इंस्पेक्टर और ड्रेनेज पम्प सिस्टम के लिए पदस्थापित बाईस कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल उनका वेतन भूगतान बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी को लेकर पटना सहित अन्य शहरों के लिए ठोस एक्शन प्लान बनेगा इधर पटना में जल जमाव के कारणों की जांच और इसके अन्य दोषी लोगों की पहचान के लिए राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है यह एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी लगभ चार घंटे चली बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि शुरूआती जांच में यह बात सामने आयी है कि नालों की सही ढंग से सफाई नहीं की गयी और पम्पिंग स्टेशनों पर डीजल की व्यवस्था तक नहीं थी श्री कुमार ने कहा कि अगले दो तीन दिनों में राज्य सरकार द्वारा कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है स्वास्थ्य जांच के दौरान दीघा के विधायक संजीव चौरसिया समेत पटना पुलिस लाईन के तीस दारोगा और सिपाही में भी डेंगू के लक्षण पाये गये हैं पीएमसीएच में लगभग तेरह सौ डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज जल जमाव वाले प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और राहत कार्य में लगे केन्द्रीय टीम एजेंसियों और राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे श्री चौबे पीएमसीएच में डेंगू की स्थिति का भी जायजा लेंगे वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए एनएमसीएच के छात्र इस पर शोध करेंगे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मेडिसिन विभाग के दो छात्रों को इसकी अनुमति दी गयी है केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि अगले तीन महीने में सौ स्मार्ट सिटी और सभी राज्यों की राजधानियों में जल की गुणवत्ता की रैंकिंग तय की जायेगी उन्होंने कहा कि इसे छह महीने में सभी राज्यों में लागू कर दिया जायेगा श्री पासवान ने कहा है कि सभी घरों को स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मानक ब्यूरो नल से आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता तय करता है और इस मिशन की सफलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है राज्य में लगभग अठारह हजार भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए राज्य सरकार जमीन देगी इसके लिए जिलों में जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है जानकारी के अनुसार जिन लाभार्थियों का चयन किया गया है उनमें सबसे अधिक सीतामढ़ी जिले के भूमिहीन है इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लगभग दो लाख लोगों को नये घर देने की कार्रवाई की जा रही है फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर इस्तेमाल में आने वाले यंत्र की खरीद पर राज्य सरकार की ओर से पचहत्तर प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं प्रारंभिक परीक्षा आज प्रदेश के सात सौ अठारह केन्द्रों पर ली जा रही है इसके लिए पटना जिले में सबसे अधिक पैंतीस केन्द्र बनाये गये हैं आयोग के अनुसार छात्रों को ग्यारह बजे तक परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है वीनू मांकड अंडर नाईटीन वन डे क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने केरल को चार विकेट से पराजित कर दिया है अगले मैच में कल बिहार का हिमाचल प्रदेश से मुकाबला होगा वहीं विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम अपने आठवें मैच में सर्विसेज से हार गयी इधर मध्रबनी में चल रहे कबड्डी प्रतियोगिता में पटना मधुबनी और गया की टीम अपने अपने मैच जीत कर अगले चक्र में पहुंच गयी है सारण जिले में बाढ़ और जलजमाव के बाद डायरिया के बढ़े प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है सिविल सर्जन डॉ माधवेश्वर झा ने मेडिकल टीम का गठन कर दिया है राज्य में स्मार्ट क्लास के सामानों की चोरी होने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों में रात्रि प्रहरी को तैनात करने का आदेश दिया है शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तेरह स्कूलों से अब तक टेलीविजन के साथ अन्य सामानों की चोरी हुई है जिसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है फर्जीवाड़ा कर सेना में भर्ती होने के आरोप में तेरह अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है सेना भर्ती बोर्ड के निदेशक कर्नल मनमोहन सिंह मनहास ने बताया कि इसमें मुजफ्फरपुर के नौ पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर के दो दो युवक शामिल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुपौल में केन्द्रीय सहकारी बैंक को अपनी मंजूरी दे दी है जिसके बाद राज्य सरकार ने बैंक में अपने हिस्से की पैंसठ लाख रूपये की राशि जमा करा दी है साथ ही अनुदान मद के लगभग साढ़े संतानवे लाख रूपये बैंक को दिये गये हैं रांची से डेहरी तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार सासाराम तक कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय मंडल के डीआरएम ने यह जानकारी दी है केन्द्र सरकार राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लगभग बासठ करोड़ रूपये की राशि देगा इस राशि से सभी जिलों में अनाज का रखरखाव और डिलेवरी सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी लखीसराय में पूलिस ने मूठभेड़ के बाद एक नक्सली मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है जो सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के टाल वंशीपुर का रहने वाला है पुलिस ने उसके पास से कई हथियार नक्सली साहित्य वायरलेस सेट भी बरामद किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अभिजीत बैनर्जी के नोबेल पुरस्कार जीतने और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तिरसठवीं बीपीएससी परीक्षा के परिणाम जारी किये जाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल दैनिक जागरण की सुर्खी है जल जमाव पर मुख्य अभियंता सहित ग्यारह पर गाज दो दर्जन का वेतन बंद दैनिक भास्कर ने डेंगू पर लिखा है सिपाही के बेटे की डेंगू से मौत दीघा विधायक और पुलिस लाईन के तीस दारोगा सिपाही भी पीड़ित प्रभात खबर ने फसल अवशेष प्रबंधन पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर लिखा है खेतों में पुआल जलाया तो सरकारी सहायता नहीं आज अखबार की बड़ी खबर है अयोध्या विवाद पर सुनवाई का अंतिम दौर

पच्चीस कर्मियों का वेतन रूका छह सफाई निरीक्षक निलंबित

प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी